मुख्यमंत्री ने सौरभ चौधरी को राज्य सरकार में राजपत्रित अधिकारी बनाने की भी घोषणा की है सौरम ने एशियाई खेल में दस मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है श्री आदित्यनाथ ने टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज रवि कुमार को भी बीस लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है भारत ने फर्जी मैसेज की समस्या से निपटने के लिए व्हाट्सएप से अपना स्थानीय कार्यालय खोलने को कहा है

इन दोनों योजनाओं से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ हो रहा है हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के वो गांव जो आजादी के बाद से ही अंधेरे में थे वहां आज केंद्र सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली पहंच चुकी है हरदोई जिले के तउरा गांव के कई मजरों में दीन दयाल उपाध्याय विध्यतीकरण योजना के जरिए पहली बार गरीबों के घरों में बिजली की रोशनी पहंची गांव के निवासी रामकमार ने बताया फ्री कनेक्शन मिला है इससे बहुत लाभ है मतलब पढने लिखने के लिए रसोई में खाना बनाने के लिए गांव की ही निवासी फूलमती कहती हैं कि न केवल बिजली आने से उनका जीवन आसान हुआ बल्कि मिट्टी के तेल का खर्च भी बचा

सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश में लाखों गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है इस योजना के तहत संभल के सुलतानपुर गांव के दिलशाद को बिजली का कनेक्शन भिला उन्होंने आकाशवाणी को बतायापहले लाईट नहीं थी तो बड़ी मुश्किले आती थी और अब उजाला हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रदेश में केंद्र सरकार की इन दोनों महत्वाकांक्षी योनजाओं से लाखों गरीब परिवार को बिजली के कनेक्शन मिले हैं और उनकी जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है